केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक एक करोड एक लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी झारखंड लोक सेवा आयोग अब एक साथ पिछली चार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करेगा परीक्षा में शामिल होने के लिए अब अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी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

केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत कल होगी

इसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया

इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा उन्होंने अधिकारियों से समय पर आवासों के निर्माण का कार्य पूरा करने और उन्हें लाभार्थियों के बीच वितरण करने को भी कहा है

भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को वनाधिकार पट्टा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि राज्य में अगर अगली सरकार भाजपा की बनती है तो अनुसूचित जनजाति के सभी भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराई जायेगी राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम अप्रैल से शुरू किया जाएगा इसको लेकर जेबीवीएनएल ने तैयारी पूरी कर ली है सभी उपभोक्ताओं को निःशुल्क मीटर लगाया जायेगा

झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जेवीबीएनएल की ओर से पूरे राज्य में बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है अब तक जेवीबीएनएल और झारखंड पुलिस एटीटी दल के सहयोग से राज्य में एक हजार दो सौ आठ मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी एयर इंडिया की रांची दिल्ली फ्लाइट आज से पांच दिनों तक रद्द रहेगी

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली एयरपोर्ट पर होने वाले एयर शो की वजह से इसे रद्द करने का फैसला लिया गया है

पत्र सूचना कार्यालय रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची और फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय पर आज वेबिनार का आयोजन किया गया पर महानिदेशक पीआईबी आरओबी रांची अरिमर्दन सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया है टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय के फारसी संकाय के सह प्राध्यापक डा हलीम अख्तर ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिर्सी में एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें स्वच्छता को भी शामिल किया गया है रामगढ़ कॉलेज के प्रचार्य डा मिथिलेश कृमार सिंह ने कहा कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में भी स्वच्छता जल संचयन को लेकर जागरुक किए जाने की जरूरत है

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

कार्मिक और प्रशासनिक विभाग ने आयोग को सातवीं आठवीं नौवीं और दसवीं जेपीएससी परीक्षा एक साथ आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति दे दी है नयी नियमावली के अनुसार अब परीक्षा में उम्मीदवारों के बैठने की अधिकतम सीमा नहीं होगी राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली के अनुसार जिस माह में विज्ञापन जारी होगा उसके अगले महीने की पहली तारीख ही उम्र सीमा का कट अफ होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरीका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि वे भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री बाइडेन के साथ काम करने को उत्सुक हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा चुनौतियों से निपटने और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए दोनों देश एकजुट हैं प्रधानमंत्री ने अमरीका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी उन्होंने कहा कि श्रीमती हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना ऐतिहासिक अवसर है राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान समय पर करने का आग्रह किया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर डॉ उराव ने कहा कि केंद्रीय कर के हिस्से में लगातार गिरावट हो रही है इससे राज्य का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से विकास योजनाओं के लिए राशि का मासिक हस्तांरिण बीस तारीख को होता है जिसके कारण राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ता है उन्होंने केंद्र से मासिक हस्तांतरण पहली तारीख को करने का आग्रह किया इसके अलावा डॉ उरांव ने कहा कि झारखंड कोयला और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है इसलिए रॉयल्टी की दर चौदह प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत की जाये उन्होंने डीवीसी के बकाये भुगतान को लेकर राज्य सरकार के खाते से राशि कटौती किये जाने पर भी अंक्श लगाने का भी आग्रह किया

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के ब्याज दर में कोई वृद्वि नहीं की है राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने ई स्टांप सेवा फिर चालू करने का आग्रह किया है श्री मारू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा है कि नयी व्यवस्था से सरकार को हर वर्ष चौवन करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है इसके साथ ही नयी व्यवस्था में स्टांप की कालाबजारी भी होने लगी है

छापेमारी में बिना नम्बर की एक मोटरसायकिल भी जब्त की गई है पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि यह गुप्त सूचना मिली थी कि सिंगड्डा से राजबान्ध की ओर विस्फोटक सामान लाया जा रहा है इसी सूचना पर मालपहाडी ओपी प्रभारी सुकरु उरांव के नेतृत्व में छपेमारी दल का गठन कर कार्रवाई की गई पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के पंजरीकला गांव के पास आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग एलएचएस निर्माण की मांग लेकर वहां बनाई जा रही तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य रोक दिया

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली हवा के कारण आज से न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होगी

संक्षिप्त खबरें लोहरदगा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर पोस्टर लगाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है